भोपाल से कांग्रेस प्रत्याषी दिग्विजय सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया वहीं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे

इस दौरान अम्बाह विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश मावई उनके साथ मौजूद थे बताया जा रहा है कि आज शुभ मुहर्त में श्री रावत ने नामांकन दाखिल किया

नामांकन लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए भरे नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे

इस चरण में प्रदेश की सात लोकसभा सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहों होशंगाबाद और बैतूल में भी वोट डाले जाएंगे इन क्षेत्रों में जमा नामांकनों की भी आज जांच की जा रही है होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रिर्टनिग अधिकारी शीलेन्द्र सिंह नामांकन पत्रों की संवीक्षा कर रहे है

उधर सतना में आज नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियो की उपस्थिति में संपन्न हुआ यहां विधिमान्य होने पर सभी नामाकन स्वीकार किये गये है

विवादित बयान पर देशभर से आ रही कड़ी प्रतिक्रियाओं के बाद प्रज्ञा ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत पीडा सुनायी थी उन्होने कहा कि अगर उनके शब्दों से दुश्मनों को ताकत मिलती है तो वे अपना बयान वापस लेती हैं वहीं इस मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है मतदान जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मत प्रतिशत बढाने के लिये इन दिनों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है छतरपुर के राजनगर में चौपाल लगाकर बुजुर्ग मतदाता का सम्मान किया गया वहीं खुजराहों में रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया गया उधर जबलपुर में आज शाम रन फार डेमोकेसी का आयोजन किया जाएगा जिसमें बीस हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है